जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है सरकार प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों की सराहना की है श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए चौबीस घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल पर उन्हें गर्व है क्योंकि संकट के इस काल में वह लगातार लोगों की सहायता कर रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड उन्नीस से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी से जरूर विजय प्राप्त करेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशभर में अब तक कोरोना संक्रमण के जो भी पुष्ट मामले सामने आये हैं उसमें उनतीस दशमलव आठ प्रतिशत तबलीगी जमात से जुड़े हुये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जमात में शामिल होने वालों के कारण तेईस राज्यों में संक्रमण फैला है

उन्होंने कहा कि इसमें बयालीस दशमलव दो प्रतिशत वैसे लोग हैं जिनकी आयु पचहत्तर वर्ष से अधिक है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हो गयी है कल पटना एम्स में भर्ती हुई एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है पटना एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित महिला इलाज कराने एम्स आई थी इस महिला को सांस लेने में तकलीफ शरीर और माथे में दर्द के साथ छाती में दर्द और खांसी भी थी कोरोना संक्रमित महिला को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है नई कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पटना के खाजपुरा जगदेव पथ और राजा बाजार के इलाकों को सील कर दिया गया है राज्य में अब तक दस हजार एक सौ तीस संदिग्ध मरीजों की जांच की गयी है वहीं बयालीस मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं सीवान में सबसे ज्यादा उनतीस मुंगेर में सत्रह और पटना में सात मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है देश में अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के पन्द्रह हजार सात सौ सात मामलों की पूष्टि हुई है इनमें से दो हजार दो सौ तीस रोगी ठीक हो गए हैं जबकि पांच सौ सात लोगों की मौत हो गई है पटनामें कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद चिन्हित स्थानों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर आज से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इसके तहत जिले के दानापुर सचिवालय क्षेत्र डाकबंगला चौराहा गांधी मैदान का इलाका पटना सिटी बाईपास क्षेत्र बाढ़ मसौढ़ी पालीगंज राजेन्द्रनगर टर्मिनल और फुलवारीशरीफ को चिन्हित किया गया है केन्द्र सरकार ने बिहार को छह हजार दो सौ चालीस रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप भेज दिया है इस किट से पन्द्रह मिनट में ही कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट मिल जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके जरिये संदिग्ध मरीज की इम्यूनिटी के बारे में भी जानकारी मिलती है यह एंटीबॉडी आधारित किट है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है

सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से न निकालें काम करें या न करें उन्हें उसका वेतन मिले गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हैल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र भी शुरू किए हैं बाईट यह आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस ट्रेकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रेक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है

उनतीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर एक एक दो भी काम कर रहा है इस नंबर पर कॉल करके पुलिस अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं अधिकारी ने बताया कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो गई है या होने वाली है उनका ऑनलाइन आवेदन मिलने पर वीजा की अवधि तीन मई तक बढ़ाई जाएगी केन्द्र सरकार ने देशभर में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पूरे डाक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यों के मुख्य महा डाकपालों और डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एक बैठक में ये निर्देश दिए श्री प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य वस्तुएं तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए डाक विभाग ने कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यू के मामले में दस लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला किया है विभाग ने कहा है कि इस बारे में जारी दिशानिर्देश तत्काल प्रभावी हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कालाबाजारी करने वाले जन वितरण प्रणाली द्कानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया कि सड़ा और कम अनाज देने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें और लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच अपने कार्यालयों को कल से खोलने का फैसला किया है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित रहेगी सभी कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नई गाईडलाईन के अनुरूप ही इन कार्यालयों में कामकाज होंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रुप एक और ग्रुप दो के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी जबकि ग्रप तीन चार और संविदा पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या के तैंतीस प्रतिशत कर्मचारी काम पर आयेंगे वहीं ट्रेन से आने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए छूट तीन मई तक जारी रहेगी केन्द्र सरकार ने तीन मई तक बढ़ाये गये लॉकडाउन के दौरान में बीस अप्रैल के बाद उद्योगों को फिर से चालू करने के निर्देश दिये हैं जारी दिशा निर्देश के अनुसार सिर्फ वही उद्योग खोले जायेंगे जो औद्योगिक क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण इलाकों में स्थित है इसके अन्तर्गत बिहार में लगभग तीन हजार औद्योगिक इकाईयों को फिर से चालू करने की तैयारी है लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने लोगों की राहत के लिए कल से जमीन की रजिस्ट्री का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है राज्य के सहायक निबंधन महानिरीक्षक अवधेश कुमार झा ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी सह जिला निबंधक को निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है पत्र में कहा गया है कि निबंधन पदाधिकारी नियमित तौर पर कार्यालय आएंगे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मुख्य सड़कों की बयासी परियोजनाओं पर कल से निर्माण कार्य शुरू होगा इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग की सत्रह और पथ निर्माण विभाग की पैंसठ सड़क परियोजनाएं शामिल हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नालंदा बेगूसराय और सीवान जिलों को छोड़कर शेष जिलों में काम शुरू होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण छब्बीस दिन की छूट दी गयी थी केन्द्र सरकार ने इसे फिर से शुरू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुमति दी है

दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि सुरक्षित दूरी से न केवल कोरोना वायरस से बचाव होगा बल्कि फ्लू और अन्य बीमारियां फैलाने वाले वायरस से बचाव के लिए भी यह बहुत जरूरी है

हाथ धोना है सेनेटाइजर इस्तेमाल करना है सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग एक मीटर या ज्यादा का मेंनटेन करेंगे वो करना है

कोहनी के ऊपर छींकिए टीशू के ऊपर छींकिए रूमाल के ऊपर छींकिए वो सब पॉलिसी जो कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के साथ साथ लॉकडाउन ने बहुत हद तक इसको कंटेन करने में बहुत फायदा करा है लॉकडाउन के दौरान किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में मिले दो हजार रुपये की राशि से विशेष सहायता मिली है अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के मध्रा पंचायत के एक किसान ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विपदा की घड़ी में यह बहत बड़ी मदद है

विभाग ने कहा है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश की स्थिति रहेगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण और उससे निपटने के कोन्द्र और राज्य सरकार के निर्णयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी बिहार के तीन समेत देश के सैंतालीस जिले संक्रमण मुक्त प्रभात खबर ने पटना की महिला मिली कोरोना पॉजिटिव को प्रमुख सुर्खी बनायी है दैनिक जागरण का शीर्षक है भारतीय नौसेना के छब्बीस नाविक कोरोना से संक्रमित

जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है सरकार प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हुई